उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव में तय नियमों का पालन कर इस पर नियंत्रण करने में लोगों की सहभागिता के लिए उनका आभार जताया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों से भारत कोरोना महामारी के दौरान आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री का इस राशि के लिए आभार जताया है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए आपसी तालमेल से कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण से प्रदेश में ही छात्रों का उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा का सपना साकार होगा

इनमें धर्मशाला पालमपुर मण्डी और सोलन नगर निगम व शिमला ज़िले की चिड़गांव व नेरवा कुल्लू जिला की आनी व निरमण्ड सोलन जिले की कंडाघाट और ऊना जिले की अम्ब नगर पंचायतें शामिल हैं

शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू में स्वर्णिम रथ यात्रा के संबंध में हुई जिलास्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के दौरान चयनित स्थानों पर समारोहों का आयोजन किया जाएगा जिनमें विविध गतिविधियों का आयोजन होगा

इसके अलावा मनाली व कसोल में अंतर्राष्ट्रीय फूड फैस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें स्थानीय पारम्परिक व्यंजन परोसे जाएंगे कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर विकास करने में नाकामयाब रहने का आरोप लगाया है आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने पंचायती राज चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया है और अब नगर निगम चुनाव में भी पार्टी जीत हासिल करेगी उन्होंने कोरोना काल में राहत कोष का लेखा जोखा जनता के सामने लाने की सरकार से मांग की सचिव केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष लीखी ने आज सोलन जिले में धर्मपुर विकास खंड के चाबल गांव में किसानों से विचार विमर्श किया उन्होंने गांव में प्रगतिशील किसानों द्वारा की जा रही लीलियम और कारनेशन फूलों की खेती का निरीक्षण भी किया